प्रदेश में किसानों की मांगों को लेकर भाजपा ने आज विभिन्न विकासखंडों में धरना प्रदर्शन किया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

पहला उपाय जब भी घर से बाहर निकलिए मास्क को अवश्य पहनिए दूसरा उपाय बाजार या भीड़ भाड़ वाली किसी भी जगह पर जाए तो लोगों से दो गज की सुरक्षित दूरी हमेशा बनाए रखे और तीसरा उपाए अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोते रहें ये तीन आसान उपाए अपनाकर आप कोरोना को हरा सकते हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि श्री मोदी ने शासन और प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किए तथा सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त किया श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को उंचा उठाया कैबिनेट ने कल से कोरोना वायरस पर जन अभियान शुरू करने का भी फैसला किया श्री जावडेकर ने कहा कि अभी इस महामारी की कोई वैकसीन और उपचार उपलब्ध नहीं है इसलिए मास्क लगाना सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ घोना ही इससे सुरक्षा के उपाय हैं यह अभियान पोस्टर बैनर और सोशल मीडिया के जरिए चलाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय त्यौहार दिशा निर्देश केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है देश में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं इस अवसर पर लोग सामुहिक पृजा मेले रैली प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपाय पर अमल करना जरुरी है

रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्घारित सीमा से अधिक न होने का ध्यान रखने एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्घ्क पहनने को भी कहा गया है छत्तीसगढ़ त्यौहार निर्देश इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आने वाले सभी त्यौहारों के दौरान लोगों को लिए राज्य सरकार ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके लिए सभी जिला कलेक्टरो को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है रायपुर जिले के लिए जारी निर्देशों में कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कहा है कि नवरात्र पर्व के दौरान मंदिरों में ज्योत प्रज्वलन की अनुमति कृछ शर्तों के साथ दी जाएगी इसके तहत मंदिर प्रांगण के भीतर निर्घारित स्थान पर ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी हालांकि ज्योत दर्शन के लिए श्रद्वालुओं का मंदिर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा कलेक्टर ने यह भी कहा है कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का मंदिरों द्वारा पालन नहीं किए जाने की स्थिति में मंदिर प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी उन्होंने मंदिर परिसरों में सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन की व्यवस्था करने को भी कहा है इस बीच नवरात्र पर्व को लेकर बिलासपुर जिला कलेक्टर सारांश मित्तर ने भी आदेश जारी कर कहा है कि रतनपुर रिथत महामाया मंदिर में भक्तगण माता के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे मंदिर में श्रद्धालओं के लिए वर्चअल दर्शन की व्यवस्था की जाएगी कोरोना स्वस्थ छत्तीसगढ़ में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है राज्य सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों कोविड केयर सेंटरों निजी अस्पतालों और होम आइसोलेशन से इलाज के बाद प्रदेश में कोरोना के मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं प्रदेश में अब तक एक लाख पांच सौ इंक्यावन मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं इनमें विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में ठीक हुए अंठावन हजार और होम आइसोलेशन में स्वस्थ हुए लगभग तैंतालीस हजार मरीज शामिल हैं कोरोना की जंग जीतने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण अब प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर अठहत्तर प्रतिशत हो गई है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में मुंगेली जिले के सभी वार्डों में जन जागरूकता के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग कर लोगों को आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं इनमें अनिवार्य रूप से मास्क पहनना सैनिटाईजर का उपयोग करना और घर की साफ सफाई के साथ ही समय समय पर हाथों को धोते रहना भी शामिल है

उन्होंने सर्वेक्षण के कार्य में तेजी लाने और बेहतर परिणाम लाने के लिए शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है डॉक्टर परदल ने कहा की सर्दी खांसी या बुखार जैसे लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों का तत्काल रैपिड एन्टीजन टेस्ट कराया जाए वहीं कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का पहली बार रैपिड एन्टीजन टेस्ट में निगेटिव आने पर इनकी दोबारा पुष्टि के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएं धरसा विकास योजना प्रदेश में खेल खलियानों के बीच मौजूद धरसा यानी कच्चे रास्तों को पक्के मार्ग में बदलने के लिए धरसा विकास योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री मूपेश बघेल ने कल स्वामी आत्मानंद की जयंती पर कल ही इसकी घोषणा की थी इस योजना पर अमल करते हुए आज राज्य सरकार ने तीन विभागों के सचिवों की एक समिति गठित की है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव के अलावा लोक निर्माण और राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिवों को इस समिति का सदस्य बनाया गया है यह समिति इस योजना को लाग करने के लिए एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी समिति की पहली बैठक नौ अक्टूबर को होगी

रायपुर में हए प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्ण देव साय रायपुर के लोक सभा सांसद सुनील सोनी पार्टी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल अजय चंद्राकर पूर्व विधायक राजेश मूणत सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए उधर बिल्हा विकासखंड के धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक शामिल हुए उधर महासमुद में हुए धरना प्रदर्शन में लोकसभा सांसद चुन्नी लाल साह शामिल हुए उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया वहीं कवर्धा में हुए प्रदर्शन में राजनांदगांव लोकसभा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह शामिल हुए उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाया प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा की राज्य सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है इस वजह से प्रदेश के किसान दुखी और परेशान हैं दर्ग जिले के मचांदर में पिछले दिनों एक किसान द्वारा आत्महत्या के लिए भी भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाने के समाचार भिले हैं विजय बघेल इस बीच दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विघेयक किसानों के लाभकारी है आज सांकरा गाँव में यात्री प्रतिक्षालय के भूमिपूजन के बाद किसान चौपाल को संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि तीनों कृषि विधेयक किसानों और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले हैं उन्होंने आरोप लगाया कि इन विधेयकों को लेकर कांग्रेस द्वारा किसानों को भ्रमित कर दृष्पचार किया जा रहा है विजय बघेल ने स्पष्ट किया कि किसानों के लिए कषि उपज मण्डी में खरीदी पहले की तरह जारी रहेगी

श्री बघेल के कहा कि किसान चाहे मण्डी में या बाहर जहाँ भी उन्हें अधिक दाम मिले वहां फसल बेच सकते हैं साथ ही नये कानुन के अनुसार किसान फसल का भण्डारण भी कर सकते हैं लेमरू हाथी रिजर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि प्रदेश में लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना से किसी भी गांव का विस्थापन नहीं होगा और किसी के निजी और सामूहिक वनाधिकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उन्होंने मनृष्य और हाथी के बीच संघर्ष की आशंका को निराधार बताते हुए कहा कि लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना से ऐसे किसी भी संघर्ष को रोकने में मदद भिलेगी श्री अकबर ने यह भी कहा कि इस हाथी रिजर्व का गठन संरक्षण रिजर्व के रूप में किया जा रहा है

मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह कोबरा बटालियन के जवान नरसापूरम कैम्प से रायगुड़ा और लच्छी पारा की ओर तलाशी अभियान पर निकले हुए थे इसी दौरान रायगुड़ा के जंगल में सुरक्षा जवानों को दो माओवादियों की जानकारी मिली इन दोनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया इनमें से एक माओवादी पुलनपाड़ और दूसरा रायगुड़ा का निवासी है इन दोनों पर सुरक्षा बलों पर हमला करने सहित अन्य हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है मत्स्य पालन सावधान मछली पालन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से मालूम हुआ है कि कुछ संस्थाओं द्वारा रायपुर जिले के किसानों से मछली पालन के लिए बड़ी धनराशि लेकर अनुबंध और निवेश करने की बात कही जा रही है साथ ही मछली पालकों निश्चित मासिक आय का प्रलोभन भी दिया जा रहा है मछली पालन विभाग के उप संचालक ने स्पष्ट किया है विभाग द्वारा ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं किया जा रहा है और ना ही विभाग का ऐसी किसी संस्था या गतिविधि से कोई संबंध है मछली पालन विभाग ने किसानों से ऐसे किसी भी प्रलोभन से बचने की अपील की है बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसके लिए झार उमरगांव और बेड़ा उमरगांव से करीब सौ कारीगरों को बुलाया गया है वहीं लकड़ियां भी मंगाई जा चुकी है गौरतलब है कि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर दशहरे के आयोजन में श्रद्वालुओं की सुरक्षा के मदेनजर कुछ बदलाव किए गए हैं इसी के तहत इस वर्ष आठ चक्कों का रथ बनाया जाएगा जो वर्षो की तुलना में छोटा रथ होगा बस्तर दशहरे के तहत आगामी सोलह अक्टूबर को काछनगुड़ी में पूजा विघान के साथ कलश स्थापना की जाएगी इसी दिन जोगी बिठाई और रथ परिक्रमा की रस्म भी अदा की जाएगी

वहीं इकतीस अक्टूबर को बस्तर दशहरा का अंतिम कार्यक्रम होगा जिसमें मावली माता और दंतेवाड़ा से आई हई देवी की विदाई की रस्म होगी मौसम अगले चौबीस घाटों के दौरान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हलकी से मध्यम बौछारे पड़ने की सम्मावना है मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है वहीं आंध्रप्रदेश से लेकर ओड़िशा होते हुए पश्चिम बंगाल तक एक द्रोणिका भी बनी हुई है इसके प्रभाव से कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मंध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है वहीं दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है इस बीच राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव विकासखंड के बम्हनीमाठा गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से करीब उनतालीस मवेशियों की मौत हो गई उघर कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश के कारण खड़ी फसल को नुकसान हुआ है संक्षिप्त समाचार जांजगीर चांपा जिले के पलाड़ी खूर्द स्थित संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली चयन परीक्षा इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं होगी विद्यार्थियों को चौथी कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा राजनांदगांव के बसंतपूर पुलिस ने बीती रात मोहरा हल्दी के पास नाकाबंदी कर करीब एक सौ पच्चीस किलो गांजा के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है गांजे की कीमत करीब छह लाख रूपए बताई जा रही है रायगढ़ जिले के कोतरारोड के पास एक ट्रक ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी इस हादसे में मोटर साइकिल सवार एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया दूर्ग जिला पुलिस ने अलग अलग इलाकों से तीस सटोरियों और छह जुआरियों को गिरफ्तार किया है इन आरोपियों के पास से लाखों रूपए की सट्टा पट्टी सहित तैंतालीस हजार रूपए नगद जब्त किए हैं महासमुद जिले में बीते चौबीस घंटों में हुई दो अलग अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई इनमें जिले के सिघोंडा में एक ग्रामीण की सर्पदंश से मौत हो गई वहीं टरीडीह में एक मोटरसाइकिल सवार युवक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई महासमुंद जिले के एक पेट्रोप पंप में बीते दस सितंबर को डीजल खरीदी करने के नाम पर घोखाघड़ी करके फरार हुए दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है महासमुंद में एक अक्टूबर से चल रहे रक्तदान पखवाड़े के अंतर्गत आठ अक्टूबर को विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा